केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को गुमराह करने का विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा बाइट सिटिजनशिप एमेंडमेंड बिल पर विपक्षों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक भ्रांति खड़ी कर दी दिल्ली ने बहुत समय के बाद देखा है लोग सड़कों पर आए दिल्ली की शांति को भंग किया गया मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं विपक्ष ने दिल्ली को जनता को गुमराह कर कर दिल्ली की शांति को भंग किया है श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक नई कार्य संस्कृति शुरू की है

बाइट नरेन्द्र मोदी सरकार ने तय किया कि सबको अधिकृत कर कर मालिकाना हक पांच सौ रुपया और दो हजार रुपया में दे दिया जाए

प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराने और भ्रांतियां दूर करने के लिए एक समाचार श्रृंखला की शूरूआत की गयी है इस कार्यक्रम में गैर राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा नागरिकता कानून विषय पर सही जानकारी प्रदान की जा रही है किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के श्वसन तंत्र विभाग के डॉक्टर सूर्यकांत का कहना है बाइट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यह भारत वर्ष में एक कानून का रूप ले चुका है इस कानून में चिकित्सक होने के नाते और इस देश के नागरिक होने के नाते मैं आपको स्पष्ट कर दू कि पहले इसको विस्तृत रूप से पढ़िये जैसा कि मैंने पढ़ा है उसके बाद अगर कोई भ्रांति है भ्रम है तो उसको दूर करिये यह कानून वास्तव में किसी की नागरिकता छीनने के लिए नही बना है यह कानून बना है पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में सालों से जो देश के विभाजन के बाद जो लोग प्रताड़ित थे जो लोग पीड़ित थे ओर इस देश में काफी लम्बे अरसे से रह रहे हैं लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी उनको नागरिकता देने के लिए कानून बना है इसके बावजूद लगता है कि आपको यह विरोध करना है इस एक्ट का तो आप बिल्कुल विरोध कर सकते हैं उसके डेमोकेटिक तरीके हैं लेकिन कृपया किसी भी सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचाएं तोड़ फोड़ न करें आगजनी न करें क्योंकि यह कानूनन अपराध है बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने लोगों से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में फैलाये जा रहे भ्रम से दूर रहने की अपील करते हुए कहा है कि सीएए और एनआरसी की व्यवस्था राष्ट्र की सुरक्षा के हित में हैं जारी एक बयान में उन्होंने भारतीय मुसलमानों को अफवाहों और फैलाये जा रहे भ्रम से दूर रहने की अपील की है श्री रिजवी ने कहा कि कुछ लोग विरोधी पार्टियों की साजिश का शिकार हो गये हैं जो सड़क पर उतर कर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं सीएए और एनआरसी से देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की आलोचना की है संसद द्वारा पारित इस कानून पर हिंसा के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में श्री रावत ने कहा कि नेताओं को जनता को सही रास्ता दिखाना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रदेश के लोगों के लिये भविष्य की रणनीति बनाकर आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में आर्थिक गणना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी आज लखनऊ में प्रदेश व्यापी आर्थिक गणना की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गणना के लिये राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है और इसके साथ ही जिला स्तर पर जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है जहां देश के तोन शीर्ष निर्यातक प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश की गिनती होगी उन्होंने कहा कि आर्थिक गणना तथ्यपरक होनी चाहिये आमजनों से जुडो हुई होनी चाहिये और इसकी सही और सटीक जानकारी को लेकर हम एक ठोस रणनीति के तहत आगे के कार्यक्रमों को तय करेंगे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

साल का अंतिम आंशिक सूर्य ग्रहण आज कई देशों के साथ भारत में भी देखा गया ये ग्रहण वलयाकार था ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केन्द्र को ढक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नजर आता है और रिंग ऑफ फायर यानी वलयाकार हो जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज लाइव स्ट्रीम के जरिए सूर्य ग्रहण देखा एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि अनेक भारतीयों की तरह वे भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखने के लिए बड़े उत्सुक थे प्रदेश में भी लाखों श्रद्वालुओं ने सूर्यग्रहण के बाद नदियों में डुबकी लगाई सूर्यग्रहण के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन कीर्तन और अनुष्ठान करते रहे प्रदेश के अधिकतर भाग भीषण शीत लहर की चपेट में हैं

भोषण ठंड और कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है कई जनपदों में जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया है

वहीं कई जगह स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है शासन ने जिलाधिकारियों को रेन बसेरों में ठंड से बचने से पर्याप्त उपाय करने के निर्देश दिये हैं

साथ ही असहाय व निर्बल लोगों को कंबल वितरण करने का भी निर्देश दिया गया है रामकुमार मिश्रा आकाशवाणी समाचार बलरामपुर

जिले में कई दिनों से सूरज के दर्शन नही हुए हैं ठंड के चलते सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम है लोग जरूरी काम के लिए ही घरों से निकल रहे हैं नाजिया अंजुम आकाशवाणी समाचार बरेली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एन पी सी आई ने आज कहा कि ग्राहक अब भीम यूपीआई से जुड़े मोबाइल एप के जरिये भी फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं

एन पी सी आई ने कहा है कि भीम यूपीआई के माध्यम से रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध हो जाने से वाहन मालिक गाड़ी के चलते समय भी रिचार्ज कर सकते हैं और टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगाने की परेशानियों से बचा जा सकता है पिछले गुरूवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है लेकिन कल जुमे की नमाज को देखते हुए राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी गयी है और प्रलिस बलों को विशेष हिदायत देते हुए संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है इस बीच एहतियात के तौर पर आगरा मथुरा और बुलंदशहर सहित कई जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को कल तक के लिये बंद कर दिया गया है पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं विभिन्न जनपदों में नागरिकता कानून के बारे में सही स्थिति स्पष्ट करने के लिए गोष्ठियों सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है